स्लग आदर्श विद्यालय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि समाज के गरीब तबके के बच्चों को उच्च तकनीकी शिक्षा के अवसर उपलब्ध होने से समाज में बदलाव लाने में मदद मिलेगी इससे अन्य छात्रों और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी मुख्यमंत्री ने कालसी स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बच्चों के पिछले दो वर्ष में विभिन्न आईआईटी एमबीबीएस और प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर खुशी जताई उन्होंने स्कूल के शिक्षकों को भी जनजाति छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करने के लिए बधाई दी मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना समाज के व्यापक हित में है यह छात्र बेहतर गुणात्मक शिक्षा के बल पर ही देश के कर्मठ शिक्षित नागरिक बन सकेंगे स्लग कोसी पुनर्जनन अल्मोड़ में हरेला पर्व के अवसर पर कोसी पुनर्जनन अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट कोसी पुनर्जनन के एक साल पूरा होने के बाद देवलीखान के गढ़वाल क्षेत्र में आने वाले हिस्से में पौधरोपण किया गया कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री धन सिंह रावत विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान द्वाराहाट विधायक महेंद्र नेगी और कुमाऊं कमिश्नर राजीव रौतेला समेत बड़ी संख्या में लोगों ने पौधरोपण किया कुमाऊं कमिश्नर राजीव रौतेला ने कहा कि कोसी पुनर्जनन अभियान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट है उन्होंने बताया कि अभियान के दूसरे चरण में इस साल दो लाख से अधिक पौधे रोपे जा चुके हैं

कार्यशाला में विभागों के आपसी समन्वय से काम करने पर जोर दिया गया साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया आपदा प्रबंधन सचिव अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश आपदा के लिहाज से संवेदनशील है उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में घरों के निर्माण पर विस्तृत शोध किया है जिससे भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के दौरान घरों को कम नुकसान हो एसडीआरएफ कमांडेंट तृप्ति भट्ट ने कहा कि भूकंप के मानकों के आधार पर भवन निर्माण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है इससे जानमाल के नुकसान की घटनाओं पर भी रोक लगाई जा सकेगी स्लग राज्यपाल रैली राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में धाद सांस्कृतिक संस्था की ओर से आयोजित पर्यावरण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया राज्यपाल ने कहा कि हरेला हरियाली सुख समृद्धि और कृषि से जुड़ा पर्व है उन्होंने कहा कि पानी और पर्यावरण की चिंता सभी को करनी चाहिए आने वाले कल के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण को प्रोत्साहन देना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि जिन पौधों को रोपा जा रहा है उनकी देखभाल करना आवश्यक है उन्होंने बच्चों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करने पर जोर दिया राज्यपाल ने कहा कि वे शीघ्र ही स्कूलों में शौचालय पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण करेंगी और कमी पाये जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी

मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति तैयार की जा रही है जिसे लेकर लोग खासे उत्सुक हैं अब तक लोगों की ओर से से साठ हजार से अधिक सुझाव आ चुके हैं उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही भर्तियां की जाएंगी

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में मध्यस्थता रिपोर्ट पर दो अगस्त को सुनवाई करेगी समिति के अध्याक्ष पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला ने उच्चतम न्यायालय में प्रगति रिपोर्ट सौंपी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अयोध्या मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जायेगा

ऊधमसिंह नगर जिले के विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण और अर्धनगरीय क्षेत्र के गुणांक को लेकर कुछ मामले अटके थे जिसका निस्तारण हाल ही में राज्य सरकार ने कर दिया है मुआवज़े का वितरण भी जल्द कर दिया जाएगा

बीमार पड़े छह लोगों को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है जबकि बुधवार को अस्पताल में भर्ती हुए पांच मरीजों को डाक्टरों ने घर भेज दिया है गांव में भी कुछ मरीजों का इलाज किया जा रहा है डॉक्टरों की टीम को गांव में तैनात किया गया है गौरतलब है कि कल को जंगल में स्रोत का पानी पीने के बाद ग्रामीण एक के बाद एक बीमार पड़ने लगे सूचना मिलने पर तीन डाक्टरों की टीम गांव पहुंची और बीमार लोगों का इलाज शुरू किया गया इस घटना के बाद गांव की पानी की टंकी की सफाई करा दी गई है मुख्य चिकित्साधिकारी संजय साह ने बताया कि डॉक्टरों की टीम गांव में मौजूद है और चिकित्सा केँप लगाया गया है उन्होंने बताया कि गंदा पानी पीने से लोगों की तबियत बिगड़ी थी और अब स्थिति नियंत्रण में है स्लग कृषि मंत्री किसानों की आय दो गुना करने के लिए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने राजधानी के किसान भवन में कृषि अधिकारियों की बैठक ली उन्होंने केंद्रीय और राज्य पोषित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं को सही ढंग से लाउएगू करने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोग खेती और बागवानी को छोड़ रहे हैं जिसे रोकने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और लोगों को खेती की ओर आकर्षित करने के लिए प्रत्येक फसल का समर्थन मूल्य तय करने का निर्णय लिया है

उन्होंने बताया कि जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्राम प्रधानों को पत्र भेजे हैं बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया भू जल स्तर वृद्धि के लिए अधिक से अधिक चौड़ी पत्ती के पौधों का रोपण किया जाए नई टिहरी में भी जल संचय और संवर्धन को लेकर समीक्षा बैठक हुई जिसमें जिलाधिकारी ने जिले के उन स्थानों पर विशेष ध्यान देने को कहा जहां पानी की फिलहाल होती है जिलाधिकारी ने बैठक में विभागवार चाल खाल रेन वॉटर हार्वेस्टिंग टैंक और चेक डैम की जानकारी भी ली

मेले के दौरान एक माह तक पूजा अर्चना के साथ ही विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे मेले का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने किया धन सिंह रावत ने कहा कि जागेश्वर धाम को पांचवें धाम के रूप में विकसित किया जाएगा उन्होंने कहा कि जल्द ही जागेश्वर धाम को जोड़ने के लिए रनिंग रोड के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी स्लग क्लभूषण जाधव भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को देखते हुए कुलभूषण जाधव को वापस भारत भेजे विदेशमंत्री डॉ सुब्रहमण्यम जयशंकर ने राज्यसभा में एक बयान में कहा कि कल के फैसले से न केवल भारत और जाधव बल्कि कानून के शासन और अंतरराष्ट्रीय संधियों की मर्यादा पर भरोसा रखने वालों का पक्ष भी सही साबित हुआ है डॉ जयशंकर ने जोर देकर कहा कि जाधव निर्दोष हैं विदेश मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि राजनयिक संबंधों के बारे में वियना संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है उन्होंने कहा कि न्यायालय ने यह घोषणा भी की है कि पाकिस्तान बिना देरी किए जाधव को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दे और उन्हें भारतीय दूतावास से सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराए विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार जाधव को स्वदेश लाने के प्रयास जारी रखेगी लोकसभा में भी डॉ जयशंकर ने कुलभूषण जाधव मामले पर बयान दिया स्लग मौसम पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं पहाड़ में जहां भूस्खलन हो रहा है वहीं मैदानी क्षेत्रों में लोग जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं